सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आरक्षण का लाभ समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है

उच्चतम न्यायालय ने देशभर में मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस को अनुमति देने से इनकार कर दिया है अदालत ने कहा कि सामान्य निर्देश देने से कोरोना महामारी फैलने का खतरा है न्यायालय ने लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका देने को कहा है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पूरे देश के लिए सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है और यदि किसी क्षेत्र विशेष के लिए राहत दी जाती है तो संबंधित जोखिम का आकलन सम्भव होगा प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे तथा न्यायामूर्ति एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रह्मण्यम की पीठ ने कहा कि ऐसे किसी आदेश से अव्यवस्था उत्पन्न होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल इस मुद्दे पर पीठ ने कहा कि न्यायालय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम नहीं ले सकता

गढ़वा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी रांची के निर्देश पर स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत की गयी है

राज्य में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है अबतक छह लाख तैंतालीस हजार से ज्यादा नमूनों की हई जांच में छह लाख दस हजार दो सौ उन्नासी लोगों की निगेटिव रिपोर्ट आई है वहीं तैंतीस हजार तीन सौ ग्यारह पॉजिटिव मामले मिले हैं इनमें बाइस हजार चार सौ छियासी लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दस हजार चार सौ तिरसठ संक्रमितों का इलाज चल रहा है इस दौरान तीन सौ बासठ लोगों की कोरोना से मौत होने की भी पुष्टि स्वास्थय विभाग ने की है कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर सड़सठ दशमलव पांच शून्य प्रतिशत हो चुकी है राज्य में सबसे ज्यादा रांची से छह हजार पांच सौ चौरासी और पूर्वी सिंहभूम से पांच हजार छह सौ चौवन पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहीं स्वस्थ होनेवालों की भी सबसे ज्यादा संख्या रांची में तीन हजार छह सौ बावन और पूर्वी सिंहभूम से तीन हजार तीन सौ बिरासी है कोरोना से सबसे ज्यादा एक सौ अंठावन मौतें पूर्वी सिंहभूम में हुईं है जबकि सबसे ज्यादा दो हजार नौ सौ छिहत्तर सक्रिय मामले रांची में हैं केंद्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड मृत्युदर एक प्रतिशत से कम करने के उपाय करें कैबिनेट सचिव ने कल उन नौ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड की स्थिति की समीक्षा की जहां इससे मरने वालों की संख्या बहत ज्यादा है ये राज्य हैं महाराष्ट्र तमिलनाड कर्नाटक तेलंगाना गुजरात पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब तथा आंध्र प्रदेश

बैठक के दौरान इन प्रदेशों से नियंत्रण क्षेत्र बनाने संक्रमित लोगों के सम्पर्क का पता लगाने और उनकी निगरानी की प्रभावी व्यवस्था करने को कहा गया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

इसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण के लिए राज्यों के पास एससी एसटी का उपवर्गीकरण की शक्ति नहीं है जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायधीशों की पीठ ने कहा कि इस मामले को उचित निर्देश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्व है श्री मोदी ने कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी का विकास करने और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बड़ी भूमिका देने के प्रयास किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्षो से रक्षा उत्पादों के बड़े आयात को में शामिल रहा हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के भविष्य और जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हये सितंबर में होने वाली नीट और जेईई मेन की परीक्षा फिलहाल नहीं लेने का आग्रह किया है इस संबंध में उन्होंने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि यह परीक्षाएं स्वस्थ्य और शांत परिवेश में होनी चाहिए इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए बड़े स्तर पर सार्वजनिक परिवहन शुरू करने और होटल खोलने की जरूरत होगी अभी कोरोना संकमण को देखते हये सार्वजनिक परिवहन और होटल बंद है ऐसे में परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में दिक्कत होगी इसके अलावा कोरोना संक्रमण की आशंका भी बढ़ जायेगी

इंजीनियरिंग स्नातक प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के लिए करीब साढ़े सात लाख परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पहली से छह सितम्बर तक होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने जीएसटी मुआवजे का बकाया दो हजार पांच सौ करोड़ रुपये मांगा है

वित्त मंत्री ने कल जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि एक बार व्यवस्था के बारे में जीएसटी परिषद में सहमति बन जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के बाकी महीनों के भुगतान के लिए भी प्रयास किए जाएंगे

इसका भुगतान पांच वर्ष बाद करना होगा

चेक पर मनरेगा आयुक्त उत्तर प्रदेश का हस्ताक्षर था चारों आरोपी बैंक के माध्यम से संबंधित कंपनी में पैसा ट्रांसफर कराने वाले थे चेक के सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़े का पता चला

कोरोना के कारण मोहर्रम के जुलूस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी नहीं देने की खबर को हिन्द्स्तान ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है प्रभात खबर ने जेईई मेन्स और नीट के परीक्षाएं टालने के लिए मुख्यमंत्री ने केन्द्र को लिखा पत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्यों को नौकरी में आरक्षण में राज्यों को कोटे में कोटा तय करने का हक शीर्षक से दैनिक जागरण ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर लिया है दैनिक भास्कर ने लालू से मिलने पहुंचे तेज रिम्स में गाड़ियों के काफिले से जाम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री के रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी वक्तवय को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा राज्यों को जीएसटी संग्रह में कमी से निपटने के लिए दो विकल्प देने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है द टाईम्स ऑफ इंडिया ने भी जीएसटी संग्रह में कमी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है संक्षिप्त खबरें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कल शाम साहिबगंज परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि झारखंड सरकार लोगों को बिजली और पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है हरित ग्राम योजना के तहत सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर पौधारोपण किया जा रहा है गोड्डा जिला के डुमरिया चेक पोस्ट पर अवैध शराब जब्त की है पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है यह शराब तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के नयानगर में एक मछली व्यवसाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है गिरिडीह जिले के पंचंबा थाना पुलिस ने बंधन बैंक के कर्मचारी से छिनतई के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है